भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली का निघन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर आज दिन में ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार श्रद्वा और उल्लास के साथ कल मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल बहरीन पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री ने बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की बातवीत के बाद संस्कृति अंतरिक्ष सौर गठबंघन और रूपे कार्ड को जारी करने के बारे में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अबूधाबी में युक्राज शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के साथ भारत और यूएई के बीच सुदृ ढ़ भागीदारी के विमिन्न पहलुओं के बारे में बातचीत की संयुक्त अरब अमीरात ने प्रयानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया

मोदी जी ने इस रिस्ते को अब तक के सबसे अच्छे संबंधों के होने की बात कही प्रबानमंत्री मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायेद से अलंकृत किया गया दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई द्विप्सीय मुद्रों पर चर्चा की जिसमें भारत और यूएई के बीच व्यापार और पीपल द्र पीपल कानटेक्ट को बेहतर बनाने का विषय भी सामने आया

कवन प्रसार आकाशवाणी समाचार अब् धाबी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का कल नई दिल्ली में निधन हो गया वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज चल रहा था मारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वे नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली सरकार में वित्तमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में काम किया अरुण जेटली ने रक्षा कम्पनी मामलों वाणिज्य और उद्योग कानून और न्याय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपने काम की छाप छोड़ी

उनके नेतत्व में मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में सामिल किया और आम बजट को पहली फरवरी को पेश किया जाना भी अरुण जेटली के कार्यकाल में ही हुआ अरुण जेटली ने पिछले दो दराकों से अधिक के समय में भारतीय जनता पार्टी और सरकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया वे पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार रहे और दसकों तक लोकसभा और कियानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की रणनीति तैयार करते रहे अरूण जेटली के पार्थिव शरीर को उनके आवास ले जाया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संवाददाताओं को बताया कि श्री जेटली के पार्थिव शरीर को आज सुबह दस बजे भाजपा मुख्यालय ले जाया जायेगा जहां तोग उन्हें श्रद्वांजलि दे सकेंगे श्री नड्डा ने कहा कि श्री जेटली का अन्तिम संस्कार आज राजधानी के निगमबोध घाट पर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नई दिल्ली स्थित निवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्रियों भाजपा नेताओं और अन्य दलों के नेताओं ने भी उन्हें पृष्पांजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्री जेटली के निबन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया कई ट्वीट संदेशों में प्रचानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अरुण जेटली विराट राजनीतिज्ञ उच्च कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राज्यसमा के उप समापति हरिवंश ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है खामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए अरूण जेटली को हमेशा याद किया जायेगा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने न केवल एक वरिष्ठ पार्टी नेता खोया है बल्कि एक पारिवारिक सदस्य को भी खो दिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका निघन पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये बहुत दुख का सण हैं ओजस्व वक्ता बहुमुखी प्रतिमा के घनी अकाट्य तर्क देने वाले हमारे नेता संसद की वो शान थे पार्टी की भूमिका सही शब्दों में व्यक्त करते थे लगातार भारतीय जनता पार्टी के अटल जी आनंद जी पर्रिकर जी सुषमा जी अरूण जी इनके निवन से निश्चित कार्यकर्ता आहत हैं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री जेटली के निघन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपना एक निकटतम मित्र खो दिया है प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अपने सन्देश में कहा कि अरूण जेटली एक कूशल अधिवक्ता एवं राजनेता थे उन्होंने अनेक भूमिकाओं में देश की सेवा की राज्यपाल ने कहा कि जेटली के निवन से भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया है संवेदनशील इंसान उत्कृष्ट सांसद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का कार्य जिस कुश्लता के साथ उन्होंने किया देश ने एक आर्देश संसदीय प्रणाली का ज्ञाता एक विशिष्ट कक्ता और एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ को खोया है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व वित्त मंत्री के निघन पर दुःख व्यक्त किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मी श्री जेटली के निवन पर दुख व्यक्त किया है भाजपा सांसद जगदमिका पाल और हरीश द्विवेदी ने मी अरूण जेटली के निवन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर आज दिन में ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डाट ऑल इण्डिया रेडियो डाट जीओवी डाट आई इन पर उपलब्ध रहेगा केन्द्रीय क्तिमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बेहतर है उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर अमरीका और चीन के मुकाबले अधिक है वित्तमंत्री ने तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के कई उपायों की घोषणा की उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी केवल उमरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में ही नहीं है बल्क विकसित देशों में भी यही हाल है उन्होंने कहा कि आर्थिक सुघार दो हजार चौदह से ही सरकार के एजेण्डे में प्रमुख रहे हैं क्ति मंत्री ने राष्ट्रीय आवास बैक द्वारा आवास क्ति कंपनियों को बीस हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा को अमरीका के उद्योग जगत ने वित्तमंत्री की इन घोषणायों का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे वैश्विक निवेश की दुष्टि से भारत की स्थिति मजबूत होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि क्ति मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था को ताकत भिर्तगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे व्यापार करने में सरलता और मांग में बढ़ोत्तरी होगी साथ ही सस्ती दरों पर कर्ज भी उपलब्ध होंगे उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस लखनऊ के पुलिस अधीक्षक आरपीसिंह ने विज्ञप्ति में सुचित किया है कि सिक्ख फॉर जस्टिस एसएफजे संगठन को केन्द्र सरकार द्वारा विवि विरूद्व क्रियाकलाप संगठन घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है इस बारे में आगे की कार्यवाही विधि विरूद्व क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को सन्दर्मित की गयी है उन्होंने बताया कि इस समय में किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत विषि विरूद्व क्रियाकलाप निवारण अविकरण दिल्ली हाईकोर्ट में आगामी बीस सितम्बर तक सुबह साढ़े नौ बजे तक की जा सकती है प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी कल श्रद्वा भक्तिमाव और उल्लास के साथ मनाया गया राज्य के कई हिस्सों में परसों यानी शुक्रवार को भी जन्माष्टमी मनायी गयी थी श्री कृष्ण के जन्म स्थान मधुरा और वृन्दावन में कल जन्माष्टमी की धूम रही मथुरा की गलियों रास्तों और मंदिरों को बड़े ही सुंदर ढंग से संजाया गया था और पूरा वातावरण भव्य और आलौकिक नजर आ रहा था देरा और विदेश से आये हुए बड़ी संख्या में भक्तजनों ने अपने आराब्य देव काहा के अवतरण के बाद उनका दर्शन पूजन किया जनमाष्टमी पर ब्रज में तीन दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया है जहीं देश की सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है महोत्सव में मणिपुर बुन्देखण्ड और गुजरात सहित देश के विमिन्न भागों से आये कलाकार नृत्य और गायन की प्रस्तुति कर रहे हैं